मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा शराबबंदी कानून में किया जायेगा संशोधन

और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आज होगा जारी

अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप उद्यमी के रूप में उत्कृष्टता हासिल करने वाले युवा उद्यमियों से सीधे बात करने का अवसर अनूठा होगा उन्होंने कहा कि भारत स्टार्टअप उद्यमों के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है और भारतीय युवाओं ने दूरदर्शिता और लीक से हटकर सोचने की शैली से अपनी अलग पहचान बनाई है श्री मोदी ने कहा कि अग्रणी इक्यूबेशन केन्द्रों और टिकरिंग प्रयोगशालाओं के युवा उद्यमी भी कार्यक्रम में भाग लेंगे लोग नरेन्द्र मोदी मोबाइल एप और डी डी न्यूज के जरिये इस सीधे प्रसारित संवाद में जुड़ सकते हैं केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश के सभी इच्छुक किसानों को सोलर पम्प दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि पहले चरण में साढ़ सत्ताईस लाख किसानों को सोलर पम्प सेट देने की योजना है श्री सिंह ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना के तहत खेतों के लिए अलग फीडर बनाने की योजना पर काम चल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी कानून में आवश्यक संशोधन किया जायेगा पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संशोधन में इस बात पर बल दिया जायेगा कि इस कानून का दुरूपयोग नहीं किया जा सके श्री कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून से गरीबों को फायदा मिल रहा है और उनके घरों में ख़ुशहाली दिख रही है राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि फसल नुकसान की स्थिति में राज्य सरकार अब सीधे किसानों को सहायता राशि उपलब्ध करायेगी इसका लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों को मिलेगा उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत राज्य के निवासी जवानों के मुठभेड़ और नक्सली हमले में शहीद होने पर उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर ग्यारह लाख रुपये करने का निर्णय लिया है इसके लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है कैबिनेट की बैठक में कुल उनचालीस प्रतावों को मंजूरी दी गयी रेल यात्रा के दौरान चालीस किलो से ज्यादा सामान ले कर चलना यात्रियों के लिए मंहगा पड़ सकता है यदि कोई यात्री निर्धारित चालीस किलो से अधिक के वजन या आकार का सामान लेकर सफर करेंगे तो उन पर छह गुना तक का जुर्माना लगाया जा सकता है रेल मंत्रालय दो हजार छह के लगेज एंड पार्सल रूल्स को कड़ाई से लागू करने जा रही है रेल सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक दर्जे के लिए सामान की अधिकतम और शुल्क मुक्त सीमा निर्धारित है केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये बेचे जाने वाले अनाज की कीमतों में एक साल तक बढ़ोत्तरी नहीं करने का निर्णय लिया है नई दिल्ली में मोदी सरकार के चार साल पूरा होने पर उन्होंने अपने मंत्रालय की उपलब्धियां बताते हुए यह जानकारी दी खान और भू तत्व विभाग राज्यभर के बालू घाटों का ड्रोन के माध्यम से सर्वे करायेगा ड्रोन से ली गयी तस्वीरों के अध्ययन से तय किया जायेगा कि नदियों से बालू खनन का काम सही ढ़ग से किया जा रहा है या नहीं ये सर्वे मॉनसून शुरू होने से पहले और मॉनसून समाप्त होने के बाद दो बार किया जायेगा विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने बताया कि ड्रोन से नदियों और बालू घाटों के सर्वे कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था के रिक्त पड़े दो हजार चार सौ तिहत्तर पदों के लिए मतदान आगामी आठ जुलाई को करायेगा इसकी अधिसूचना तेरह जून को जारी होगी इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जायेगा शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे इस दौरान शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहेंगे परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट बिहार बोर्ड डॉट ए सी डॉट इन पर देख सकेंगे गौरतलब है कि इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में बारह लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुये थे सूत्रों ने बताया कि इस बार इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं की कॉपियों की दुबारा जांच पड़ताल के साथ ही परीक्षार्थियों का भौतिक सत्यापन भी किया गया है राज्य में उद्योगों के विकास के लिए भूमि बैंक बनाया जायेगा साथ ही किसानों से सीधे जमीन की खरीद भी की जा सकती है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा इस दिशा में कार्य कर रहा है बियाडा के प्रबंध निदेशक आर एस श्रीवास्तव ने बताया कि भूमि बैंक बनाने के लिए जल्द ही भूमि चयन समिति और भूमि क्रय समिति का चयन किया जायेगा राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि और आद्रता के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे कहीं कहीं हल्की ब्रंदाबांदी की सम्भावना है वहीं आठ ज्रन को राज्य के कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश की आशंका व्यक्त की गयी बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के अहिरौली घाट पर स्नान करने के दौरान एक बच्चे की मौत हो गयी वहीं पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र के पद्मकेर गांव के एक तालाब में स्नान के दौरान डूबने से दो बच्चों की मौत हो गयी नालंदा जिले में छात्र नेता राकेश कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के कचहरी चौक के पास लुटेरों ने हथियार दिखाकर एक निजी कंपनी के कर्मचारी से छह लाख अस्सी हजार रुपये से भरा थैला लूट लिया राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ी रेशू राज को बीसीसीआई के जगमोहन डालमिया पुरस्कार के लिए चुना गया है रेशू ने हाल ही में खेली गयी अंडर सिक्सटीन विजय मर्चेंट ट्रॉफी में सर्वाधिक छियालीस विकेट लेने का कीर्तिमान बनाया था गया में दस से तेरह जून तक आठवीं बिहार सब जूनियर बास्टेबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा वहीं मुजफ्फरपुर में बाईस से चौबीस जून तक बिहार राज्य जूनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता खेली जायेगी पूर्णियां के डीएसए मैदान में खेली जा रही अंडर नाईनटीन रणधीर वर्मा क्रिकेट प्रतियोगिता के नॉक आउट मुकाबले में भागलपुर ने कटिहार को तीन विकेट से पराजित कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है प्रमोशन में आरक्षण मिलता रहेगा इसी अखबार ने एक अन्य सुर्खी बनाया है राफेल विमान सौदे का ऑडिट कैग करेगा दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून में संशोधन किया जा सकता है दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुये लिखा है सड़कों पर मक्के के खलिहान वाहन चालकों का इम्तिहान इसी अखबार ने कैंबिनेट के निर्णय का शीर्षक लगाया है फसल क्षति पर किसानों को राज्य सरकार देगी मुआवजा प्रभात खबर ने बिहार की राजनीतिक गठजोड़ से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है बिहार की सियासत में नीतीश फेनोमेना ही निर्णायक इसके अलावा अखबारों ने आज आयेगा इंटर का रिजल्ट रिश्वत लेते पकड़ा गया तो दारोगा ने निगरानी के कांस्टेबल को मारा चाकू आज पटना के एल गो की खूबी जानेंगे पीएम मोदी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा शराबबंदी कानून में किया जायेगा संशोधन

और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आज होगा जारी